प्रधानमंत्री ने इन दिनों चलाए जा रहे स्वच्छ सुन्दर शौचालय प्रतियोगिता का जिक्र करते हुए गांव के सरपंचों और प्रधानों से इसमें भाग लेकर स्वच्छ सुन्दर शौचालयों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने को कहा अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए कल होगा मतदान भयमुक्त मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने की तैयारियां पूरी

इस अवसर पर उन्हें नेताजी को समर्पित एक संग्रहालय को देश को समर्पित करने का मौका मिला श्री मोदी ने कहा कि लाल किले में बंद पड़े कमरों को संग्रहालयों का रूप दिया गया है

अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर कल मतदान होगा इसके लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क कर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे है इस सीट पर मुख्य रूप से कांग्रेस की साफिया जुबेर खान भारतीय जनता पार्टी के सुखवन्त सिंह और बहुजन समाज पार्टी के जगतसिंह के बीच टक्कर मानी जा रही है

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों ने भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से उदयपुर संभाग के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार श्री गहलोत सबसे पहले कांकरोली पहुंचेंगे और वहां से नाथद्वारा जाएंगे

अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेगे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाला चौथा भारत पर्व कल शाम दिल्ली के लाल किले पर शुरू हआ

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फॉन्स ने बताया कि पांच दिन का यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोहों के अंतर्गत किया जा रहा है इसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है

प्रदेश के दो उन्नतशील किसानों को पदमश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है झालावाड जिले की असनावर तहसील के छोटे से गाव मानपुरा के किसान हक्मचंद पाटीदार को जैविक खेती के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यो के लिए यह पुरुस्कार दिया जाएगा वहीं सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र के किसान जगदीश प्रसाद पारीक को भी खेती में नवाचारों के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा

जालौर जिले के मोरसिंह गांव में पुलिस ने एक घर पर दबिश देकर हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से तीन देशी कट्टे बंद्रक पिस्तोल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए पुलिस मामले की जांच कर रही है पूरा प्रदेश इस समय कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है शेखावाटी अंचल सहित राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर का प्रकोप जारी है

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल एक दो दिन सर्दी से राहत के कोई आसार नहीं है